मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आयें बाइट मैं एएमयू के विशाल एल्युमुनाय नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढाएं आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिलें एएमयू एल्युमुनाय के सुझाव मिलें तो मुझे बहुत खुशी होगी श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है बाइट एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है अनेकों डिपार्टमेंट्स दर्जनों हॉस्टल्स हजारों टीचर्स प्रोफेसर्स लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिन्दी भी अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और गांव तथा बालिका विद्यालयों में शौचालय बनवायें इससे अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं की दर कम होकर लगभग तीस प्रतिशत रह गई है श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है

उर्दू अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्व होती है इस्लामिक साहित्यक पर जो रिसर्च होती है वो समूचे इस्लामिक वर्ल्फ के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्वि की है

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा बलिया के जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी का राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के आधार पर नये भारत को शक्तिशाली बनाने में सहायक होगी उन्होंने बलिया के चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बीच कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य किये हैं राज्यपाल ने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने शोध कार्यो में परम्परागत कृषि की जगह नवाचारी कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में कार्य करें उन्होंने विश्वविद्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों में क्पोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिये स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील को इस अवसर पर चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पाण्डेय एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण भी ऑन लाइन जुड़े

यह दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप म मनाया जाता है श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि गणित के क्षेत्र में रामानूजम का योगदान सदैव सबको प्रेरित करता रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्रीनिवास रामानुजम को श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं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

विश्व में कोरोना वायरस के नये स्वरूप के सामने आने के बाद प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं

भारत के स्वदेशी कोविड टीका कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है

पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है भारत बायोटेक ने कहा है कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है प्रदेश में कोराना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और लोक सम्पर्क कार्यालय द्वारा चलाय जा रहे जागरूकता अभियान के अन्तर्गत मऊ जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जानकारी देने के लिये आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने बताया कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें वायरस के संक्रमण से बचने के लिये ऐतियाती कदम अपनाने होंगे और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करना होगा कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्घटना उस समय हुई जब आगरा से दिल्ली जा रही एक कार सामने से गलत दिशा से आ रही एक कंटेनर से टकरा गई टकराने के बाद कार का ईधन टैंक फट गया और उसमें आग लग गई कार में सवार सभी पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई मृतकों में एक बच्चा एक महिला और तीन पुरूष शामिल है